बिहार में तीन चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव

दस नवंबर को होगी मतों की गिनती

उत्तर और पूर्वी बिहार में बाढ़ का संकट और गहराया

बिहार में विधानसभा चुनाव अट्ठाईस अक्तूबर से तीन चरणों में आयोजित किये जाएंगे और मतगणना दस नवम्बर को होगी मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है उन्होंने कहा कि पहले चरण में अट्ठाईस अक्तूबर को इकहत्तर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे दूसरे चरण में तीन नवंबर को चौरानवे सीटों के लिये और तीसरे चरण में सात नवंबर को अठहत्तर सीटों के लिए मतदान होगा श्री अरोड़ा ने बताया कि मतदान का समय एक घंटा बढ़ा दिया गया है और मतदाता शाम छह बजे तक अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे साउंड बाईट मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोविड उन्नीस महामारी ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव ला दिये हैं इसलिए राज्य विधानसभा के चुनाव भी नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत कराए जाएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मतदान केन्द्रों की संख्या बढ़ा दी गयी है ताकि एक दूसरे के संपर्क में आते समय सुरक्षित दूरी के नियम का सभी चुनावी गतिविधियों में पालन किया जा सके चुनाव प्रचार के दौरान आयोजित की जाने वाली जनसभाओं में भी इसका पालन किया जाएगा नामांकन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के साथ जाने वाले लोगों की संख्या भी घटाकर दो कर दी गयी है जबकि घर घर जाकर प्रचार के लिए उम्मीदवार सहित पांच लोग जा सकेंगे निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र और हलफनामा ऑनलाइन भरने और उसे भेजने के लिए वैकल्पिक ऑनलाइन सुविधा की भी व्यवस्था की है पहली बार उम्मीदवारों को चुनाव लडने के लिए जमानत राशि ऑनलाइन जमा कराने का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है श्री अरोड़ा ने कहा कि चुनाव में सोशल मीडिया के जरिये शरारत करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा

समाचार कक्ष से आनंद श्रीवास्तव राजनीतिक दलों ने बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा का स्वागत किया है आकाशवाणी समाचार से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बताया कि एन डी ए एकजुट होकर यह चुनाव लडेगी और विकास मुख्य मुद्दा होगा साउंड बाईट हमलोग वहां एनडीए एकजुट होकर चुनाव लडेगा और फिर से नितीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे हमलोग कम से कम दो सौ बीस सीट जीतेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये चुनाव होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह बिहार पर बहुत ज्यादा वो मेहरबान हुए हैं उसका फायदा हम लोगों को होगा और हम लोग अपार बहुमत से चुनाव जीतेंगे जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में तीन चरणों में विधानसभा चुनाव कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य का निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए लोगों से एक बार फिर जनादेश मांगेगी

पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि राजद बरोजगारी और पलायन जैसे जन केंद्रित मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेगा

श्री कुमार ने कहा कि अब वे सात निश्चय के दूसरे चरण को लेकर आम लोगों के बीच जायेंगे और फिर से सेवा देने का मौका मांगेंगे संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सात निश्चय के तहत युवाओं को रोजगार के लिये कौशल विकास योजना पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया जायेगा उन्होंने कहा कि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये कुशलता और उद्यमिता विभाग की स्थापना की जायेगी श्री कुमार ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जायेगा उच्च्तर शिक्षा के लिये अविवाहित बेटियों को पच्चीस हजार और स्नातक पास बेटियों को पचास हजार रूपये तक की सहायता दी जायेगी श्री कुमार ने कहा कि हर खेत में सिंचाई के लिये पानी स्वच्छ गांव समृद्ध गांव स्वच्छ शहर विकसित शहर सुलभ संपर्क और सबके लिये स्वास्थ्य सुविधायें सात निश्चय के भाग होंगे पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में जदयू अध्यक्ष ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार बातचीत कर रही है चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद् की शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की आठ सीटों के लिए भी कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है पटना दरभंगा तिरहुत और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तथा पटना दरभंगा तिरहुत और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव होना है इन सीटों के लिए बाईस अक्टूबर को वोट डाले जायेंगे जबकि बारह नवम्बर को मतगणना होगी चुनाव की अधिसूचना अट्ठाईस सितंबर को जारी होगी वहीं पांच अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे जबकि छह अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी आठ अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं ये सीटें नीरज कुमार दिलीप कुमार चौधरी देवेश चंद्र ठाकुर डॉ एन के यादव नवल किशोर यादव मदन मोहन झा संजय सिंह और केदार नाथ पाण्डेय के कार्यकाल की समाप्ति के बाद खाली हुई हैं मॉनसून की सक्रियता के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्व बिहार उत्तर पश्चिम बिहार और उत्तर मध्य बिहार में कई स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश हुई है हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि बारिश और जलजमाव के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है मुख्य मार्गों पर जलजमाव के कारण आवागमन भी प्रभावित हुआ है इधर मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में भारी बारिश और वज्पात को लेकर अलर्ट जारी किया है विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी हिस्सों में अधिकांश स्थानों पर तथा मध्य और पश्चिमी भागों में कई स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है मौसम विभाग के अलर्ट के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से बारिश के दौरान विशेष सावधानी बरतने और खुले में नहीं निकलने की अपील की है नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है इस कारण उत्तर और पूर्वी बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ का संकट और गहरा गया है वाल्मीकिनगर गंडक बराज से नदी में लगातार पानी छोड़े जाने के कारण पश्चिम चंपारण गोपालगंज सारण और सिवान जिले सबसे अधिक प्रभावित हुये हैं गोपालगंज के बैकुंठपुर प्रखंड के पकहा गांव के पास जमींदारी बांध लगभग पच्चीस फीट में क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे आसपास के दर्जनों गांव जलमग्न हो गये हैं पश्चिम चंपारण के लौरिया में ऐतिहासिक अशोक स्तंभ सिकरहना नदी के पानी से धिर गया है वहीं लौरिया नरकटियागंज लौरिया रामनगर और नरकटियागंज बलथर सड़क पर पानी चढ़ जाने से आवागमन बाधित है दूसरी तरफ वाल्मीकिनगर बगहा सड़क पर भी पानी चढ़ गया है सिकटा को रक्सौल से जोड़ने वाली सड़क पर भी पानी का तेज बहाव हो रहा है त्रिवेणी कैनाल के उत्तरी और दक्षिणी तटबंध कई जगहों पर टूट गये हैं बागमती नदी में उफान से शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड के बेलवा में नदी का सुरक्षा बांध तीसरी बार टूटने से नदी का पानी तेजी से आसपास के गांवों में फैल रहा है मोतिहारी शिवहर पथ पर बेलवा के पास मुख्य सड़क पर पानी चढ़ जाने से आवागमन ठप्प हो गया है मिथिलांचल के जिलों सीतामढ़ी मध्रबनी और दरभंगा में विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से लोग एक बार फिर बाढ़ की आशंका से डरे हुये हैं सीमांचल के जिलों अररिया पूर्णिया और किशनगंज में छोटी नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हुये हैं इधर प्रशासन ने कई स्थानों पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की उनहत्तरवीं कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूजऑनएआईआर डॉट कॉम और न्यूजऑनएआईआर मोबाईल एप पर भी सुना जा सकता है इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग बानवे प्रतिशत हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक एक लाख साठ हजार लोग स्वस्थ हो चुके है वहीं इस वैश्विक महामारी से राज्य में आठ सौ इक्यासी लोगों की मौत हो चुकी है राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या तेरह हजार पांच सौ छह है पटना स्थित जयप्रभा ब्लड बैंक में अट्ठाईस सितंबर से प्लाज्मा बैंक शुरू हो जायेगा यहां कोरोना से स्वस्थ हुये मरीज अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं आयकर विभाग ने संपर्क रहित अपील निस्तारण की प्रक्रिया शुरु कर दी है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी की विज्ञप्ति के अनुसार अब आयकर की सभी अपीलें ऑनलाईन निपटाई जाएंगी हालांकि बड़े टैक्स घोटाले कर चोरी गहन जांच के मामले अंतर्राष्ट्रीय कर और कालेधन से संबंधित अपीलों पर पुराने तरीके से ही कार्रवाई की जाएगी बहुचर्चित सुजन घोटाले के एक मामले में फरार चल रहे इंडियन बैंक के पूर्व प्रबंधक दिलीप कुमार ने पटना स्थित विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है बाद में अदालत ने आरोपी को न्यायायिक हिरासत में लेते हुये नौ अक्टूबर तक के लिये जेल भेज दिया पटना वेटनरी कॉलेज के पास ड्रग्स और स्मैक की बिक्री करते हुये पुलिस ने छह तस्करों को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है हिन्दुस्तान ने लिखा है बिहार विधानसभा का मतदान तीन चरणों में त्योहारी सीजन और सुरक्षा के कारण चरण कम इसी खबर पर दैनिक भास्कर लिखता है दशहरे के बाद महाभारत दिवाली से पहले राजतिलक छठ तक लोकतंत्र का महापर्व बज गयी रणभेरी शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है इस बार सबसे अलग होगा बिहार विधानसभा का चुनाव प्रभात खबर ने ग्राफिक्स के माध्यम से बिहार के चुनावी आंकड़ों पर फोकस करते हुये लिखा है कोरोना से खुद को बचाते हुये लोकतंत्र को जितायें दैनिक आज और राष्ट्रीय सहारा ने भी विधानसभा चुनाव की घोषणा को प्रमुखता से प्रकाशित किया है इसके अलावा विधान परिषद की आठ सीटों के लिये चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा भी सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है और अब अंत में मुख्य समाचार बिहार में तीन चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव

दस नवंबर को होगी मतों की गिनती

उत्तर और पूर्वी बिहार में बाढ़ का संकट और गहराया